गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने का राज्यों से किया आग्रह राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संजोए रखने और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के संरक्षण की जरूरत बताई है वे आज राजभवन शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के प्रबुद्धजनों से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग के निर्माण से जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां और अधिक सुदृढ़ होंगी बंडारू दत्तात्रेय ने क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी बल दिया

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने भारत तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की

ये आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकारी क्षेत्र में सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है जयराम ठाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के माध्यम से युवा न केवल अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं बल्कि अन्य युवाओं को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के इच्छक लोगों की सहायता के लिए सरकार ऑनलाईन पोर्टल भी आरम्भ करेगी इस अवसर पर उद्योगमंत्री बिक्रम ठाक्र ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से युवाओं की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया ताकि युवा अपने उद्यम जल्द आरम्भ कर सकें

एक बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ने कहा कि गांवों में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में आज ग्लेस पॉट्री वर्कशॉप का श्भारम्भ करने के बाद उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के माध्यम से पारम्परिक कलाओं को सिखाने वाले तथा सीखने वालों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है

चंबा से हमारे जिला संवाददाता विकास ठाकुर ने बताया है कि घायलों को चंबा मैडिकल कॉलेज रैफर किया गया है मृतकों की पहचान भरमौर उपमण्डल के अमित कुमार लव कुमार अनिल कुमार ज्योति और राहुल के रूप में की गई है इस बीच भरमौर के विधायक जियालाल कपूर पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है इधर शिमला के समीप ओल्ड बैरियर में भूस्खलन के कारण वर्षा शालिका के धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य के घायल होने का समाचार है पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने बताया कि मृतक प्यारे लाल शर्मा सुन्नी तहसील के मंढोड़घाट गांव का रहने वाला था वहीं ठियोग उपमंडल की जैश घाटी में कल शाम एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है ठियोग के उपपुलिस अधीक्षक कुलविंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान धमांद्री गांव के चमन और अत्तर सिंह के रूप में हुई है गृह मंत्रालय एनसीसी गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीय केडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें भाजपा गायत्री पाठ वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति और विश्व शांति के लिए प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज शिमला में गायत्री पाठ का पूर्ण आहूति यज्ञ आयोजित किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्ण आहूति के लिए मुख्य रूप से मौजूद रहे

शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस मौके मौजूद रहे कृषि उपदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कोरोना संकट के दौरान किसानों को विभिन्न फसलों के बीजों पर उपदान दिया जा रहा है सोलन जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को मक्की व बीन सहित अनेक सब्जियों के बीज उपदान पर मुहैया करवाए गए हैं ताकि उनकी आर्थिकी मज़बूत हो सके कृषि विभाग के निदेशक राजेश कौशिक ने बताया कि योजना के तहत किसानों ने विभिन्न फसलों के बीज पर दिए गए उपदान का भरपूर लाभ उठाया

उन्होंने कहा कि ये हवाई सेवा सप्ताह में तीन दिन सोमवार गुरूवार और शनिवार को होगी